इस सीमा में वेतन कृषि और व्यवसाय सहित सभी स्त्रोतों की आय शामिल है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

जलशक्ति अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जल शक्ति अभियान को समर्थन देने की अपील की है इस अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए ये अभियान दो चरणों में होगा इसका दूसरा चरण एक अक्टूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा रोजगार युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है केन्द्रीय रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार रोजगार सुजन के अनेक कदम उठा रही है उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना बड़े निवेश वाली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और मनरेगा जैसी योजनाओं में सरकारी खर्च बढ़ाना इन उपायों में शामिल है श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम का उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है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

यूरिया केन्द्र सरकार यूरिया के आयात को कम करने के लिए बंद पड़े पांच उर्वरक संयंत्रों को फिर से शुरू करने जा रही है

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन संयंत्रों में ओड़िशा का तालचेर आंध्र प्रदेश का रामग़ंडम गोरखपुर और सिंधरी का उर्वरक संयंत्र तथा बिहार का हिन्दुस्तान उर्वरक संयंत्र शामिल है

बीजेपी महिला मोर्चा बैठक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की बैठक आज भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता ऐलकर ने बताया कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी शिवराज सिंह चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत प्रदेश उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अरविन्द भदौरिया प्रदेश मंत्री कृष्णा गौर भी शामिल होंगी

जन सुनवाई इंदौर में सुबह ग्यारह बजे खंडवा मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में होगी राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों और पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से राज्य में बिजली की नयी दरें लागू करने के संबंध में विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका पेश की गयी है इसी पर जन सुनवाई की जानी है

श्री जैन ने बकायादारों से आग्रह किया है कि ब्याज की दरों में भारी छूट की इस योजना का लाभ अवश्य उठायें

आवेदकों को लॉटरी में आवंटित स्कूलों की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है

पुरस्कार राज्य शासन ने पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है इन पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया को गृह विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं

पद्म पुरस्कारों के लिए जिलों में चिन्हित व्यक्तियों का नामांकन लॉग इन पासवर्ड का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में विभाग को भेजना होगा

विश्वकप में उनका यह तीसरा मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड है

आज मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें डरहम में आमने सामने होंगी मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो रही है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 वहीं सतना इंदौर धार सागर रतलाम विदिशा और सीहोर सहित अनेक स्थानों पर बौछारें पड़ीं

बैठक में नर्मदाप्रम संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे

कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने इनके निराकरण के निर्देश दिये